दल के सदस्यों ने राजधानी के बफर जोन का भी दौरा किया

स्वस्थ होने की दर घटकर हुई तिरसठ प्रतिशत

छह लोग घायल

केंद्रीय दल ने आज बिहार में कोविड की ताजा स्थिति को लेकर पटना में समीक्षा बैठक की केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व वाले इस तीन सदस्यीय दल ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड की स्थिति से जुडे विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया और इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी सुझाव दिए इस दल में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण दल के निदेशक डॉक्टर एस के सिंह और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के ऐसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल शामिल हैं केंद्रीय दल ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए इंतजाम का जायजा लेने के लिए पटना के सर्वाधिक संक्रमित क्षेत्र राजीवनगर का दौरा किया और संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार को नए सिरे से प्रयास करने की सलाह दी श्री लव अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों का इस्तेमाल कंटेनमेंट जोन और बफर क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन की निगरानी तथा जांच का काम बढाने के लिए किया जाना चाहिए श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि संक्रमण के कम से कम अस्सी प्रतिशत नए मामलों वाले लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें बहत्तर घंटे के अंदर क्वारंटाइन करना चाहिए बैठक में जांच कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट पर भी चर्चा हुई केंद्रीय दल स्थिति का जायजा लेने के लिए गया का भी दौरा करेगा यह दल कोविड अस्पताल भी देखने जाएगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार चार सौ बारह कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के छब्बीस हजार तीन सौ उनासी मामले आये हैं राज्य में कोरोना संक्रमण से दो सौ आठ लोगों की मौत हुई है वहीं राज्य में पिछले चौबीस घंटों में आठ सौ छब्बीस लोगों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालें मरीजों की संख्या सोलह हजार पांच सौ सतानवे हो गयी है पूरे प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या नौ हजार छह सौ दो है मरीजों के स्वस्थ होने की दर तिरसठ प्रतिशत है शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया है इसके अलावा सदर अस्पताल की एक महिला स्वास्थय कर्मी और डीडीसी कार्यालय के कर्मी के भी संक्रमित होने की खबर है अरवल जिले में कृषि विभाग के डाटा ऑपरेटर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कृषि भवन को तीन दिनों के लिए सील कर दिया गया है और पूरे भवन को संक्रमण मुक्त किया जा रहा है जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सभी कर्मचारियों को होम क्वॉरेंटाइन कर दिया गया है और दूरभाष पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुये केन्द्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना में समीक्षा बैठक की कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुये उन्होंने राज्य सरकार को अस्पतालों की संख्या बढ़ाने को कहा श्री प्रसाद ने पटना एम्स में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये बेड की संख्या और आईसीयू के विस्तार पर विशेष बल दिया केन्द्रीय मंत्री ने सभी डॉक्टरों नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों से अपील करते हुये कहा कि यह बहुत ही चुनौती भरा समय है वे अपने सेवा भाव की परंपरा के अनुसार तत्पर रहे यही जनता की अपेक्षा है केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक छह लाख सतहत्तर हजार चार सौ तेईस लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं ठीक होने वालों की दर बढकर बासठ दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में रिकार्ड तेईस हजार छह सौ बहत्तर लोग ठीक हुए देश में इस समय इस संक्रमण के तीन लाख तिहत्तर हजार तीन सौ उनासी सक्रिय मामले हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि बीते चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस संक्रमण के अड़तीस हजार नौ सौ दो मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या दस लाख सतहत्तर हजार छह सौ अठारह हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच सौ तैंतालीस लोगों की मौत के साथ अब तक इस महामारी से होने वाले मृतकों की संख्या छब्बीस हजार आठ सौ सोलह हो गई है इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में तीन लाख अंठावन हजार एक सौ सत्ताईस नमूनों की जांच की गई अब तक एक करोड़ सैंतीस लाख इक्यावन हजार आठ सौ उनहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है

ठीक हुए कुल लोगों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है जिसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली का नम्बर आता है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी हाथों की स्वच्छता और खांसी के दौरान सावधानी बरतने का सुझाव दिया साउंड बाईट जो तरीके हैं जिससे ये कंट्रोल में पाया जा सकता है वो हैं सोशल डिस्टेंशिंग रेस्प्रेटरी हाइजीन और या फिर कफ एटीकेट बोल देते हैं जिसमें खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर करना है और हैंड हाइजीन अपने हाथों को बहुत फ्रिक्वेंटली वॉश करना है साबुन पानी से या फिर हैंड सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना है पॉजिटिव रहें और अपने आपको इंगेज रखें

इसकी रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए हैं उनसे इस महामारी से काफी हद तक बचा जा सकता है

और अगले दो या चार हफ्ते में हमें परिस्थिति का पूरा विवरण मिलेगा फिर भी आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या पहली बार ढाई प्रतिशत से कम हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में इस संक्रमण से मरने वालों की दर दुनिया में सबसे कम है केन्द्र और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों सरकारों के प्रभावी प्रयासों के कारण ऐसा संभव हो पाया है मंत्रालय ने कहा है कि प्रभावी कंटेनमेंट कार्य नीति बड़ी संख्या में नमूनों की जांच और मानक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से मृत्युदर में कमी हुई है केन्द्र राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के दिशा निर्देशों के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से नमूनों की जांच की संख्या बढ़ायी गई हैं और अस्पतालों की ब्रनियादी सुविधाओं में विस्तार किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दिशा में मानव पर परीक्षण शुरू हो गये हैं और कोविड उन्नीस के खिलाफ संघर्ष निर्णायक दौर पर पहुंच गया है एक टवीट में डॉ वर्धन ने कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत इस महामारी पर प्री तरह नियंत्रण करने में सफल होगा उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षणों में कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आये है मंत्री ने कहा कि ये परीक्षण चौदह संस्थानों में चल रहे हैं उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के वैज्ञानिक सभी आंकडो पर नजर रख रहे हैं केन्द्रीय विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नागरिकों से संबंधित डेटा पर समुदाय और देश का अधिकार होता है उन्होंने कहा कि सरकार डेटा की संप्रभुता पर कभी समझौता नहीं करेगी श्री प्रसाद ने कहा कि केन्द्र सरकार जल्द ही डेटा सुरक्षा संबंधी कानून लाएगी और संसद की प्रवर समिति इस मामले पर विचार कर रही है ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के तहत वर्चुअल संबोधन में विधि मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से कार्य संस्कृति में बदलाव आए हैं उन्होंने बताया कि भारतीय अदालतों में वर्चुअल सुनवाई शुरू हो गई है उच्च न्यायालयों में अब तक इस प्रणाली से लगभग एक लाख पचहत्तर हजार मामलों पर सुनवाई हई है निचली अदालतों ने भी सात लाख चौंतीस हजार से अधिक मुकदमों की सुनवाई की है और उच्चतम न्यायालय ने सात हजार आठ सौ मुकदमों की वर्चअल सुनवाई की श्री प्रसाद ने कहा कि सभी लोगों को डेटा की गोपनीयता के बारे में सावधान रहना चाहिए उन्होंने डिजिटल आधारित सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इनसे देश सशक्त हो रहा है पूर्णिया बेगूसराय पटना और सहरसा समेत राज्य के आठ जिलों में वज्रपात की घटनाओं में बारह लोगों की मौत हो गयी और छह लोग घायल हो गये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये अनुग्रह राशि दिये जाने की घोषणा की है श्री कुमार ने घायलों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश दिया है पूर्णिया जिले के धमदाहा थाना क्षेत्र में व्रजपात से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिशनपुर पंचायत के सिंघाड़ापट्टी गांव में खलिहान में कुछ लोग काम कर रहे थे तभी वज्रपात हुआ वहीं बेगूसराय जिले में वज्पात के कारण दो लोगों की मौत हो गयी इधर पटना जिले के भदौर थाना क्षेत्र के दरवे गांव में खेत में रोपणी कर रहे एक मजदूर प्राकृतिक आपदा के शिकार हो गये जमुई में दो जबकि सहरसा पूर्णिया मधेपुरा और दरभंगा में भी एक एक व्यक्ति की मौत वज्रपात के दौरान हो गयी प्रदेश में आठ जिलों के तीस प्रखंडों में लगभग तीन लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार दरभंगा सीतामढ़ी सुपौल शिवहर किशनगंज पूर्वी चम्पारण गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिलों के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला हुआ है बाढ़ के कारण एक सौ तिरपन पंचायत और इकतीस प्रखंड प्रभावित है वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है गोपालगंज में तीन दरभंगा और सुपौल में दो दो राहत शिविर बनाये गये हैं सुपौल दरभंगा गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में इक्कीस हजार से अधिक लोगों को भोजन और राहत सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि बाढ़ के कारण कुछ जमीनदारी बांध को नुकसान पहंचा है जिसे ठीक करया जा रहा है उन्होंने बताया कि राज्य के सभी तटबंध सुरक्षित हैं मौसम विभाग ने अगले बहत्तर घंटों के दौरान राज्य के उत्तर बिहार सहित कई इलाकों में भारी बारिश और वजपात को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आनंद शंकर ने बताया कि अगले बहत्तर घंटों के दौरान प्रदेश के सीतामढ़ी दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर सुपौल अररिया सहरसा किशनगंज मधेपुरा और कटिहार में सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य के कइ इलाकों में हो रही बारिश के बीच नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है बूढ़ी गंडक को छोड़कर राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर में गिरावट आयी है पटना के पास गंगा का जलस्तर पिछले चौबीस घंटों में नौ सेंटीमीटर घटा है इसके अलावा सोन और पुनपुन के जलस्तर में भी कमी आयी है अगले अड़तालीस घंटों के दौरान नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश को देखते हुये महानंदा कमला बलान बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी मजदूरों को लेकर जा रही ये बस सड़क किनारे एक कार से टकरा कर पलट गयी हादसे में बस पर सवार छह लोगों की मौत हो गयी जबकि चालीस लोग घायल हो गये दुर्घटनाग्रस्त बस दिल्ली से मधुबनी आ रही थी सभी मजदूर दरभंगा और मधुबनी जिले के रहने वाले हैं घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है

दल के सदस्यों ने राजधानी के बफर जोन का भी दौरा किया

स्वस्थ होने की दर घटकर हुई तिरसठ प्रतिशत

छह लोग घायल